उन्होंने कहा कि राज्य में प्रतिदिन एक लाख नमूनों की जांच की कार्ययोजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया जाए लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलोंक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि तीस लाख से अधिक की आबादी वाले जनपदों में दो हजार टेस्ट प्रतिदिन और इससे कम जनसंख्या वाले जिलों में कम से कम एक हजार टेस्ट प्रतिदिन रैपिड एन्टीजन विधि से किए जाएं उन्होंने प्रदेश में आरटीपीसीआर विघि से पैंतीस हजार टेस्ट प्रतिदिन करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने लखनऊ गाजियाबाद कानपुर नगर वाराणसी गोरखपुर प्रयागराज और बलिया जिले में विशेष सतर्कता बरतते हए घर घर जाकर मेडिकल स्क्रीनिंग का कार्य सघन रूप से करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन आवश्यकतानुसार निजी चिकित्सालयों को कोविड अस्पतालों में परिवर्तित करने के सम्बंध में जरूरी कदम उठाए मुख्यमंत्री ने कन्टेनमेंट जोन में व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए एनसीसी कैडेटों तथा सिविल डिफेंस के लोगों की सेवाएं लेने के भी निर्देश दिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड नाइन्टीन और बाढ से प्रभावित राज्यों उत्तर प्रदेश असम और बिहार में नौ ट्रकों में रेडक्रॉस द्वारा भेजी जा रही राहत सामग्री को रवाना किया ये सामग्री ट्रेनों द्वारा संबंधित राज्यों में पहंचाई जाएगी राहत सामग्री में तिरपाल साड़ियां धोतिया सुती चादर रसोई का सामान चादरे सर्जिकल मास्क पीपीई किट और दस्ताने हैं

श्री हर्षवर्धन इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष भी हैं केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार एक हरित भारत के लिए पर्यावरण अनुकूल सतत भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्द है श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत ने दो हजार बाईस तक सौर ऊर्जा से एक लाख मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है उन्होंने कहा कि दो हजार बीस तक रेलवे को पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल बनाने का भी लक्ष्य है श्री जायडेकर ने कहा कि सौर ऊर्जा से जुडी पहल में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह सड्सठवीं कडी होगी लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आंमत्रित किया गया है लोग अपने संदेश रिकॉर्ड करने के लिए एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर डॉयल कर सकते हैं या नमो ऐप ओपन फोरम अथवा माई जी ओ वी पर संदेश लिख सकते हैं देश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोविड नाइन्टीन से रिकॉर्ड चौंतीस हजार छ सौ दो लोग ठीक हुए हैं देश में महामारी शुरू होने के बाद एक दिन में ठीक होने वालों का यह सबसे बडा आंकडा है इसके साथ ही स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या आठ लाख सत्रह हजार दो सौ नौ हो गई है और स्वस्थ होने की दर तिरसठ दशमलव चार पांच प्रतिशत हो गयी है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के दो हजार सात सौ बारह नए मामले सामने आए हैं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में बताया कि राज्य में अब तक सैंतीस हजार सात सौ बारह लोगों को स्वस्थ हो जाने पर अस्पतालों से छ्ट्टी दी जा चुकी है जबकि क्ल इक्कीस हजार सात सौ ग्यारह मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है प्रदेश में कोविड नाइन्टीन से अब तक एक हजार तीन सौ अड़तालीस लोगों की मृत्यु हुई है उधर राज्य में कल पचास हजार छः सौ सत्तानवे कोविड नमूनों की जांच की गयी अब तक कुल सत्रह लाख पांच हजार तीन सौ अड़तालीस नमूनों की जांच की जा चुकी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रवासी श्रमिकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रति परिवार एक हजार रूपए की धनराशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक बावन लाख से अधिक लोगों को एक हजार रूपए की धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है साथ ही उन्नीस लाख लोगों को दूसरी बार यह धनराशि उपलब्ध करायी गयी है मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार कोरोना महामारी के इस संकटकाल में गरीबों श्रमिकों और किसानों समेत समाज के सभी वर्गो को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में आपदा प्रहरी ऐप का लोकार्पण भी किया इस ऐप के माध्यम से लोग तस्वीरें मेजकर आपदा के बारे में शासन को अवगत करा सकते हैं प्रदेश में आज रात दस बजे से पचपन घंटों के लिए विभिन्न प्रतिबन्ध लागू हो जाएंगे सोमवार सुबह पांच बजे तक जारी रहने वाले इन प्रतिबंधों के दौरान राज्य में आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियों पर रोक रहेगी सभी कार्यालय बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन जारी रहेगा और बैंक खुले रहेंगे अगले दो दिनों के दौरान राज्य भर में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का विशेष अभियान चलाया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान को वृहद स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं